वित्त मंत्रालय के अपर सचिव समीर कुमार खरे और एशियाई विकास बैंक के निदेशक केनिची योकोहामा ने कल नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किये यह ऋण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ डॉलर के दूसरे ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है एशियाई विकास बैंक बोर्ड ने पिछले वर्ष दिसंबर में इसे मंजूरी दी थी

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क व्यवस्था में सुधार के अलावा ग्रामीण समुदाय को आजीविका के सुगम साधन और सामाजिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना है अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रवास पर रहेंगे वे इंदौर झाबुआ जावरा और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे

उसके बाद वे झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे

राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्यप्रदेश के दौरे पर रहेंगे श्री गांधी मुरैना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और जबलपुर में रोड शो करेंगे उसके बाद श्री गांधी एक संभा को संबोधित करेंगे हमारे जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि रोड शो के पहले राहुल नर्मदा घाट पर आरती में हिस्सा लेंगे महीने भर के अंदर राहल गांधी का प्रदेश का यह तीसरा दौरा है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल बालाघाट में अशासकीय संगठनों और महिला स्व सहायता समूहों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों और वंचितों तक पहुँचाने में मददगार बनें राज्यपाल ने समूहों की महिलाओं के अनुभवों को सुना और उनके कार्यों की सराहना की श्रीमती पटेल ने कहा कि जिले से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए भी काम करें इस रोग का उपचार संभव है उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को टीबी से पीड़ित बच्चों अन्य लोगों का संरक्षक बनकर उनके उपचार में मदद करना चाहिए लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील मुख्यालय पर कल बानसुजारा बाँध परियोजना का लोकार्पण किया श्री चौहान ने खरगापुर से ही दतिया विदिशा जबलपुर श्योपुर और राजगढ़ जिले की सिंचाई परियोजनाओं का ई भूमि पूजनई लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने बानसुजारा बाँध परियोजना के मॉडल का अवलोकन किया और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की

ट्रेवल मार्ट राजधानी भोपाल में कल से तीन दिवसीय मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट शुरू हुआ हालांकि इसका औपचारिक उदघाटन आज सुबह साढ़े नौ बजे पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र पटवा करेंगे ट्रेवल मार्ट में ट्र एण्ड ट्रेवल एसोसिएशन होटल हॉस्पिटिलिटी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे है मार्ट के दौरान प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के पर्यटन निगमों बोर्ड और टूर ट्रेवल एजेंसी के स्टॉल लगाये गये है

प्रदेश में व्यापार सम्मान निधि बनायी जायेगी मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि व्यापारी देशभक्त और समाजसेवी हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक जिले में पाँच सौ युवा कर विशेषज्ञों को जीएसटी मित्र बनाया जायेगा जो व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने में सहयोग करेंगे प्राकृतिक आपदा आगजनी और चोरी में व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करने की योजना बनायी जायेगी ग्लोबल इन्चेस्टर समिट की तरह प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ई बिजनेस समिट आयोजित की जायेगी विश्व व्यापार में मध्यप्रदेश के व्यापारियों का हिस्सा बढ़ाने के लिये बोर्ड बनाया जायेगा प्रत्येक जिले में जिला व्यापार एवं व्यापारी कल्याण समितियाँ बनायी जायेगी ई ट्रेडिंग के लिये पोर्टल और एप बनाया जायेगा प्रदेश के व्यापारियों के लिये व्यापार सुरक्षा योजना बनाई जायेगी उन्होंने कहा कि व्यापार समृद्ध होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व्यापार के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर किया जायेगा संबल योजना में छोटे व्यापारियों को शामिल किया गया है

योजना के तहत बच्चों को अस्थाई रूप से पालन पोषण देखरेख में तब तक के लिए सौंपा जाता है जब तक कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां सुद्रढ़ न हो जाए पन्ना जिले में ये योजना अनाथ बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है पवई विधानसभा क्षेत्र के टाँई हाई स्कूल में पढ़ने वाले सुमित विश्वकर्मा के परिजनों के दूर हो जाने से वो बेसहारा हो गया था ऐसे में सरकार की फास्टर केअर योजना के तहत उसे संरक्षण प्रदान करते हुए हर महीने दो दो हजार रुपये दिए जाने लगे जिससे वह अब स्कूल भी जा पाते है और उनका भरण पोषण भी होने लगा

पुस्कार ओलंपिक एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक हासिल किये मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को अब प्रदेश के सर्वोच्च विक्रम पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा राज्य शासन ने पुरस्कार नियमों में इस बारे में संशोधन किया है जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है विक्रम पुरस्कार से वंचित ऐसे खिलाड़ियों को गेम्स के आयोजित वर्ष में ही यह पुरस्कार दिया जायेगा प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षक जिनके खिलाडियों ने ओलंपिक एशियन और कामनवेल्थ गेम्स के आयोजन वर्ष में भाग लेकर पदक प्राप्त किया है उन्हें भी उसी वर्ष में आवेदन करने पर विश्वामित्र पुरस्कार दिया जायेगा